प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को ख़ुले में शौच मुक्त घोषित किया

पटना और आस पास के इलाकों में सुबह से हो रही बूंदाबांदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत खुले में शौच मुक्त हुआ है प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया उन्होंने कहा कि विश्व इस वास्तविकता से चकित है कि भारत ने साठ महीनों में साठ करोड़ से अधिक लोगों के लिए ग्यारह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है

श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि मात्र एक मील का पत्थर है और हमें यहीं पर रूकना नहीं चाहिए

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को और अधिक बढ़ावा देने पर्यावरण संरक्षण और एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से बचने का आह्वान किया मौसम विभाग ने पटना वैशाली बेगूसराय और खगड़िया जिले में आज और कल तेज बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और आस पास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है यह तेजी से नीचे की ओर आ रहा है पटना और उसके आस पास के इलाकों में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है इस बीच पुनपुन गंगा सोन और कोशी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है ये सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नए इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है कटिहार लखीसराय बक्सर और भागलपुर सहित पन्द्रह जिलों के बाईस लाख से अधिक लोग बाढ़ के चपेट में हैं पटना में जल भराव से तीन लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं सत्तर हजार लोगों को बचाया गया है राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक हजार नावें और एनडीआरएफ की तेईस टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं पैंतालीस राहत कैंप बनाए गए हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को तीन सौ चौबीस सामुदायिक रसोई घर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है पटना जिला प्रशासन ने जल जमाव और भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल के अलावा कोचिंग संस्थानों को तीन और चार अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया है भारी बारिश के बाद पटना में हुई जल जमाव की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में अभी आपदा की स्थिति है आपदा खत्म होने पर पटना के मास्टर प्लान की समीक्षा की जायेगी उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जल जमाव के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है नदी का पानी पटना सुरक्षा बांध तक पहुंच गया है देर शाम फुलवारीशरीफ प्रखंड के चिहुट सहित कई इलाकों में रिंग बांध के ऊपर से पानी बहने लगा है इससे रिंग और बांध के बीच का क्षेत्र जलमग्न हो गया है नदी का जलस्तर पिछले बारह घंटों के दौरान दस सेंटीमीटर बढ़ा है नदी खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर बह रही है देर रात पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत के चामुकीचक पुल का फाटक टूटने से काफी तेज बहाव हो रहा है जिससे पुनपुन बाजार सहित कई इलाकों में नदी का पानी फैल गया है बाढ़ प्रभावित पटना जिले के धनरूआ प्रखंड के दौरा के क्रम में पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपूत्र के सांसद रामकृपाल यादव बाढ़ के पानी में गिर गये श्री यादव धनरूआ प्रखंड के रमनीबिगहा में नाव के अभाव में ग्रामीणों की ओर से प्रयोग किये जा रहे हवा भरी ट्यूब पर रखे चचरी पर सवार होकर बाढ़ का मुआयना कर रहे थे तभी हवा भरी ट्यूब पलट गयी स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकाला पटना जंक्शन देश भर के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में छठा स्थान प्राप्त किया है देश भर के सात सौ बीस स्टेशनों की सूची में पटना को यह स्थान मिला है दानापुर रेल मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले एक से डेढ़ सालों के भीतर स्टेशनों को स्वच्छ और ग्रीन बनाने के लिए कई कार्य किये गये पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल को देश के सबसे हरित और प्रद्षण मुक्त स्टेशनों के सूची में पहला स्थान मिला है जोनल रेलों की स्वच्छता रैंकिंग में पूर्व मध्य रेल हाजीपूर को तीसरा स्थान मिला है शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की प्रजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं इन्हीं भगवान स्कंट की माता होने के कारण मां के इस पांचवे स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है इस बीच पूजा को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जायेंगे पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार पटना रेल समेत सभी जिलों को अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा बल दी गयी है इसके साथ ही जिलों में सशस्त्र बलों की तैनाती की जायेगी गया के वजीरगंज थाना क्षेत्र आरोपुर गांव में मगुरा नदी में स्नान करने गये एक ही परिवर के तीन बच्चे सहित चार लोगों की डूबने से मौत हो गयी नालंदा के एकंगरसराय प्रखंड क्षेत्र के अमनार गांव के तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गयी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ट्रक की चपेट में आने से अररिया जिले के नरपतगंज के तीन मजदूरों की मौत हो गयी दिल्ली से गोपालगंज आ रही बस में राष्ट्रीय राजमार्ग अट्ठाईस पर यात्रियों से अपराधियों ने लूटपाट की लूटपाट के दौरान विरोध करने पर दो यात्रियों को अपराधियों ने चाकू मार कर घायल कर दिया गुवाहाटी में आयोजित होने वाली वीनू मांकड़ अंडर नाईनटीन क्रिकेट टीम के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सूत्रों ने बताया कि बिहार टीम का नेतृत्व आकाश राज करेंगे बिहार का पहला मैच पांच अक्टूबर को सौराष्ट्र के साथ होगा बोधगया में चौदह अक्टूबर से नेशनल वेटलिफ्टिंग चैम्पिनशिप का आयोजन किया जायेगा इस टूर्नामेंट में देश भर के आठ सौ से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे पासपोर्ट आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन जमा करने में हो रही परेशानी को देखते हुए उन्नीस अक्टूबर को पटना में विशेष पासपोर्ट मेला का आयोजन किया गया है इस मेले में स्वीकृत ओवदनों पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी दस्तावेज सही होने पर अविलंब पासपोर्ट और पुलिस जांच जारी कर दी जायेगी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्द्रस्तान लिखता है पटना समेत चार जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है आपदा खत्म होने पर पटना के मास्टर प्लान की होगी समीक्षा प्रभात खबर की सुर्खी है जलजमाव के कारणों की जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई दैनिक भास्कर का शीर्षक है पटना में साढ़े चार लाख लोग अभी चपेट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट आज अखबार की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने कहा खूले में शौचमुक्त हुआ भारत एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है नियत वेतन पर होगी शिक्षकेत्तर कर्मियों की बहाली और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को खूले में शौच मुक्त घोषित किया

पटना और आस पास के इलाकों में सुबह से हो रही ब्रंदाबांदी